केन्द्र संरक्षित सभी स्मारक स्थल आज से सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए खोले जायेंगे सावन का पहला सोमवार आज कोरोना महामारी के चलते प्रसिद्ध मंदिरों में नहीं रहेगी श्रद्धालुओं की भीड

टिड़डी दलों पर काबू पाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा किराये पर लिये गये एक निजी हैलीकॉप्टर से शनिवार को जैसलमेर के बांधा इलाके में कीटनाशकों का छिडकाव शुरू किया गया संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने भारत को अगले चार सप्ताहों में टिड्डियों से सावधान रहने के लिए अधिकतम चौकसी बरतने के बारे में आगाह किया है संगठन का कहना है कि यह महीना टिड्डियों के प्रजनन का है और सुदुर नेपाल तक पहुंच चुके टिडडी दल इस दौरान राजस्थान वापस लौट कर पाकिस्तान और ईरान से आने वाले टिड्डी दलों में शामिल होकर हमला कर सकते है सारी परिस्थितियों को देखते हुए केन्द्र और राज्य सरकार ने टिड्डी नियंत्रण के लिए प्रयास तेज कर दिए है

प्रदेश में कोरोना जांच की संख्या लगातार बढोतरी हो रही है

इसी कडी में श्रीगंगानगर में भी कोरोना जांच लैब शुरू हो गई है

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि केवल उन्हीं स्मारकों और संग्रहालयों को खोला जायेगा जो कंटेनमेंट जोन में नही है उन्होंने कहा कि केन्द्र संरक्षित सभी स्मारक और पर्यटन स्थलों को साफ सफाई सुरक्षित दूरी बनाये रखने और स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी अन्य नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा राज्य और जिला प्रशासन के विशेष निर्देश भी सख्ती से लागू किये जायेंगे

इस बीच आज से जयपुर में जयगढ का किला भी पर्यटको के लिए खोल दिया जायेगा हालांकि पर्यटकों को सभी सावधानियां बरतनी होगी

श्री गहलोत ने कल जयपुर में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान यह बात कही श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश की जनता को महामारी के संकट से बचाने जैसे जनहित के प्रयासों में छात्र शक्ति का सकारात्मक उपयोग महत्वपूर्ण है

इस बार पांच वन सोमवार रहेंगे कोरोना महामारी के चलते राज्य के मंदिरों में श्रद्वालु दर्शन नहीं कर पायेंगे अभी तक मंदिरों को खोलने की मंजूरी नहीं मिली है जिसके चलते श्रद्धालुओं विशेषकर शिव भक्तों और कावड़ियों द्वारा भगवान शंकर के जलाभिषेक को स्थगित रखा गया है सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के प्रसिद्ध शिवाड के घुश्मेश्वर और अन्य प्रसिद्ध शिव मंदिरो में भी इस बार श्रद्धालुओं का जमावडा नहीं देखा जा रहा है

इस बीच तीन जिलों के कलेक्टरों को भी बदला गया है आईएएस अधिकारी आनंदी को अलवर किशोर कमार शर्मा को चित्तौडगढ़ और चेतन राम देवडा को उदयपुर का कलेक्टर बनाया गया है

प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा हैं

इस बीच बीकानेर के छत्तरगढ इलाके में एक खेत में बनी डिग्गी में डूबने से दो बच्चों की मृत्यु हो गई

प्रतापगढ में तेज बारिश होने से सडको पर पानी भर गया

इस बीच जैसलमेर जिले के फतेहगढ क्षेत्र के कई गांवों में तेज आंधी के कारण कई जगह बिजली के खम्मे टट गये